जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनुठा अभ्यास है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का एक अभिनव अभ्यास बताया

प्रधानमंत्री ने इक्कतीस अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भी बड़ी संख्या में लोगों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आग्रह किया एक बार इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निमाने की पहल की हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग अगले महीने की दो तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से मुक्ति पाने के अभियान में बड़ी संख्या में शामिल होंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से तम्बाक छोडने की भी अपील की और कहा कि उन्हें ई सिगरेट के छलावे में नहीं आना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ई सिगरेट में अनेक हानिकारक रसायन होते हैं जिनका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पडता है प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है

उन्होंने लोगों से इस मौसम में उदारता बरतते हुए उन वस्तओं का दान करने का अनुरोध कियाँ जिसे वे उपयोग में नहीं ले रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की वस्तओं को गरीबों और वंचित लोगों के साथ साझा करने की जरूरत है श्री मोदी ने तनावमुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से उनके अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से देश में पन्द्रह पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का आग्रह किया भारतीय जनता पार्टी ने आगामी इक्कीस अक्ट्बर को ग्यारह सीटो पर होने वाले उप चुनाव के लिए अपने दस प्रत्याशियों के नामों की घो ाणा कर दी है नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है पार्टी सत्रों के अनुसार सुरेश तिवारी लखनऊ कैण्ट सीट से भारत भू ाण गुप्ता रामपुर सीट से सुरेन्द्र मैथानी कानपुर के गोविन्दनगर सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे गारदीय नवरात्र आज से गुरू हो गया है प्रदेश भर के ाक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है ब्रम्हमुईर्त से ही श्रद्धालू माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की हार्दिक बधाई दी है

नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में स्थित देवी पाटन ाक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिये श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कई जगह सड़क यातायात भी बाधित हुआ है वर्षा जनित कारणों से पिछले छत्तीस घंटों के दौरान प्रदेश में कम से कम पैंतीस लोगों की मौत हुई हैं मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और पश्चिमी हिस्से में कई जगह है गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है